उन्होंने इसकी प्रशंसा करते हए कहा कि यह लोगों को स्रक्षित द्ररी बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के संकट ने आत्मनिर्भरता की आवश्यकता का अन्भव कराया है उन्होंने कहा कि हर ग्रामसभा ब्लॉक और जिले को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल रेप का श्भारंभ किया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 इससे ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजनाएं बनाने और लागू करने में सहायता मिलेगी यह निगरानी और जवाबदेही स्निश्चित करने में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा उन्होंने कहा कि यह पोर्टल ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है श्री मोदी ने छह राज् में प्रायोगिक तौर पर स्वामित्व योजना की भी श्रूआत की इसके तहत नवीनतम सर्वेक्षण पद्वतियों और ड्रोन का इस्तेमाल कर ग्रामीण आवासन भूमि का मानचित्रण किया जा सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजन तथा राजस्व संग्रह को स्वचारू बनाने और संपदा अधिकारों पर स्पष्टता स्निश्चित करने में मदद मिलेगी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

पहले संक्रमित व्यक्ति को उपचार के बाद सात दिन पहले अस्पताल से छ्ट्टी मिल च्की है इससे पहले पूर्वोत्तर में मणिप्र को कोरोना मुक्त घोषित किया जा चुका है मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने एक ट्वीट में चिकित्सकों स्वास्थ्यकर्मियों सभी कोरोना योद्वाओं और लोगों को त्रिप्रा को कोरोना म्क्त बनाने में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है

उन्होंने कोरोना फायटर्स को व्यक्तिगत स्रक्षा किट वितरित किया श्री उपाध्याय ने कहा कि राज्य प्लिस नाग़रिक प्रशासन और अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कर रही है उन्होंने चेक गेट पर तैनात कर्मियों से उनकी जरुरतों के बारे में जानकारी ली इधर होलोंगी चेक गेट के पास क्वाराईटिन सेंटर तैयार हो गया है अधिकारियों के अन्सार सरकार दिशा निर्देशों के अन्रुप आने वाले लोगों को यहां पर रखकर आवश्यक जांच के बाद ही अन्मति दी जायेगी

उन्होंने कहा कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के दिशा निर्देशों के अनुरुप यहां जांच की जायेगी श्री लिबांग ने कल प्लिस प्रशिक्षण केंद्र बंदरदेवा में क्वाराईटिन स्विधाओं का निरीक्षण किया

श्री लिबांग ने कहा कि बंदरदेवा सहित राजधानी क्षेत्र में आठ हजार लोगों के क्वाराईटिन की स्विधा है

इस केंद्र में प्रशासन दवारा ठहरने और भोजन की स्विधा उपलब्ध कराई जायेगी